मुख्यमंत्री कमल नाथ ने बजट को हवाई सपने दिखाने वाला बताया वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा इमानदार करदाताओं को मिली राहत नर्मदा जयंती पर हुए विभिन्न कार्यकम खरगोन के मंडलेश्वर में नदी महोत्सव शुरू

उन्होंने करदाताओं को राहत देने की घोषणा की अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि पांच लाख रूपये तक की सालाना आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा

किसानों के जल्द खराब होने वाले उत्पादों के शीघ्र परिवहन के लिये वातानुकलित किसान रेल सेवा शुरू की जाएगी बागवानी फसलों के लिये एक जिला एक फसल योजना भी शुरू होगी

मत्स्य पालन में रोजगार बढ़ाने के लिये सागर मित्र योजना शुरू होगी इसके अलावा किसानों को बेकार और बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये सहायता दी जाएगी

उन्होंने कहा कि निर्यात को प्रोत्साहन के लिये सरकार देशभर में संपर्कता बढ़ाने पर जोर देगी

देश के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों के बीच और तेजस ट्रेने चलाई जाएंगी

बैंकों में जमा राशि पर कवर की सीमा अब पांच लाख रूपये होगी करदाता बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के अपील कर सकेंगे गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाई जाएगी जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिये सरकार आर्थिक मदद देगी

उन्होंने ट्वीटर पर अपनी प्रतिकिया में कहा कि देश के विकास प्रगति के रोडमैप का और गिरती अर्थव्यवस्था के साथ महंगाई को रोकने की कार्य योजना का अभाव है

प्रदेश के हितों के साथ यह कुठाराघात है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि व्यक्तिगत आय करों में कमी एक स्वागत योग्य कदम है यह इमानदार करदाताओं को राहत देगा नर्मदा महोत्सव प्रदेश की जीवनदायनी नदी नर्मदा की जयंती आज मनाई जा रही है खरगोन जिले की पवित्र नगरी मंडलेश्वर में दो दिवसीय नदी महोत्सव आज शुरू हुआ खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा जयंती धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है आज यहां हेलिकाप्टर से खेड़ी घांट दादाजी दरबार से लेकर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर तक मां नर्मदा पर पुष्प वर्षा की गई अमरकंटक में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं होशंगाबाद देवास बरमान सहित नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों पर भी विभिन्न आयोजन हो रहे हैं

यह जानकारी पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने दी